केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रूपये के कृषि ढांचागत कोष बनाने की घोषणा की है बीस लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी देते हुए केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन की दो महीने की अवधि में किसानों की सहायता के लिए कई कदम उठाये गये हैं

डेयरी प्रसंस्करण में निवेश के लिए पन्द्रह हजार करोड रूपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की भी घोषणा की गई है साथ ही हर्बल खेती को बढावा देने के लिए चार हजार करोड रूपये के कोष की घोषणा की गई है अगले दो वर्ष में इसके तहत दस लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्बल खेती की जाएगी मधुमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड रूपये का आवंटन किया गया है इससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों के प्रवासी मजदूरों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी व्यवस्था कर ली है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल घोषणा की थी कि सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को दो महीने के लिए पांच किलो अनाज और एक किलो चना प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जायेगा मई और जून महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था कर ली गई है

इस योजना से लगभग आठ करोड़ प्रवासी मजदूर लाभांवित होंगे

इस योजना की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी पूर्णबंदी के दौरान समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रवासी कामगारों की घर वापसी के लिए एक हजार दो सौ ट्रेन की व्यवस्था की गयी है एक वीडियो संदेश में श्री गोयल ने कहा कि सरकार इच्छुक श्रमिकों की घर वापसी के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है

गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई टिकट की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्रियों को लाने की अनुमति दी गई है गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रेलवे स्टेशनों से विशेष बसें चलाने की अनुमति दी गई है जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन उपलब्ध नहीं है प्रदेश में प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी लगातार जारी है अब तक दो सौ उनतीस ट्रेनों के माध्यम से लगभग दो लाख तेरासी हजार लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कल चालीस ट्रेन राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेगी इन ट्रेनों से साठ हजार से अधिक लोग आयेंगे श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कैमूर से मुजफ्फरपुर तथा गोपालगंज के कुचायकोट से सुपौल और अररिया के लिए तीन नई रेलगाड़ियों का भी परिचालन किया जायेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या एक हजार के आंकडे को पार कर गयी है आज तेरह नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार बारह हो गयी है आज जो नये मामले आये हैं उसमें पांच पांच खगड़िया और सिवान के हैं जबकि वैशाली से दो और नवादा से एक मामला सामने आया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि चार सौ अड़तीस मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर तैंतालीस प्रतिशत से अधिक है प्रदेश में अब तक कोरोना से सात लोगों की मौत हुई है इधर नवादा सदर अस्पताल से उपचार के बाद छुट्टी पायी एक महिला बेबी देवी ने लोगों से कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं घबराने की अपील की

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इनमें से सबसे अधिक दिल्ली से लौटे एक सौ उनतीस लोग संक्रमित पाये गये हैं वहीं गुजरात से लौटे एक सौ पांच महाराष्ट्र से सतहत्तर पश्चिम बंगाल से तेईस हरियाणा से इक्कीस और उत्तर प्रदेश से लौटे चौदह लोग पॉजिटिव मिले हैं प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गये हैं मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि बत्तीस पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाये गये हैं इनमें बीएमपी के इक्कीस जवान जिला पुलिस बल के दस जवान और एक रसोईया शामिल हैं उन्होंने बताया कि इनमें से आठ पुलिसकर्मी स्वस्थ्य हो चुके है देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर इक्यासी हजार नौ सौ सत्तर हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार से अधिक संक्रमित बढे हैं वहीं लगभग अठाइस हजार लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है इस महामारी से अबतक दो हजार छह सौ उनचास लोगों की जान गयी है नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के पालन पर बल दिया है

ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम सुरक्षा और अनुशासन का ध्यान में रखना है जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता क्लिनिंगनेस यूज आफ मास्क हैंड वॉशिंग इसको निरंतर पालन हमें करते रहना होगा सफदरजंग अस्पताल के ही वरिष्ठ चिकित्सक डा नितेश ने बताया कि देश में कोविड उन्नीस की जांच में लगातार तेजी आ रही है और हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है

हमारी लैव केपिसिटी भी बढ़ी है हम ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं हमारे पेंशेट्स भी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं गवर्मेट के डेटा ने बताया हमें कि तीन परर्सेंट मरीज को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एक परर्सेंट करीब मरीज वेटिंलेटर पर हैं पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से क्वारेंटीन केन्द्रों में लोगों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधा पर अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय ने बताया कि एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अठारह मई से पहले आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में जबाव दायर करने का निर्देश दिया है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार यदि ये चिकित्सक तय समय सीमा के भीतर योगदान नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जायेगी और सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी राज्य सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए मौजूदा श्रम कानून में संशोधन का फैसला किया है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य कामगारों को उचित पारिश्रमिक दिलाने के साथ साथ निवेशकों को आकर्षित करना है

हर छह घंटे के शिफ्ट के बाद आधे घंटे का विश्राम देना होगा लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी ख़ुशी है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है

ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गयी है